सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार नई शिक्षा नीति में शोध और नवाचारों के लिये और अधिक धन उपलब्ध करायेगी

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूट्री गार्डन विकसित किये जायेंगे

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं

राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा

इस अवसर पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे श्री निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयन्ती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर प्रष्य अर्पित किये

मुम्बई के एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार शोध कार्य को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मद में बडी मात्रा में धनराशि जारी की जायेगी

श्री यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगायेगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है उन्होने यह भी कहा कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिये राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और यदि उस पर सवाल खड़े होते हैं तो यह चिंताजनक है श्री शर्मा ने कहा कि कुछ समय पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा तथा भूगोल व्याख्याताओं का जो परिणाम जारी किया गया उस पर तरह तरह के सवाल खड़े ँकिये जा रहे हैं ऐसे में सरकार को निष्पक्ष जॉच करानी चाहिये

ब्रंदी में भी प्रशासन ने पांच अक्टूबर तक धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने का फैसला किया है

नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा जिला चिकित्सालय के पूरे परिसर को भी सेनेटाईज किया गया

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत में मृत्यु दर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

इस बारे भें समेकित बाल विकास सेवाये विभाग आईसीडीएस की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं यह न्यूट्री गार्डन सरकारी भवनों में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रो में बनाये जायेंगे विमाग की निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि न्यूट्री गार्डन में लगाये जाने वाले फलों तथा सब्जियों के पौधों का चयन बच्चों की पोषण आवश्यकता तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जायेगा आंगनबड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इन न्यूट्री गार्डन का रखरखाव करेंगी न्यूट्री गार्डन को विकसित करने के लिये ग्राम पंचायत कृषि और उद्यानिकी विभाग पंचायती राज विभाग तथा स्थानीय संगठन और नागरिकों का सहयोग लेने के लिये भी कहा गया है डॉ सिंह ने बताया कि न्यूट्री गार्डन बनाने का मुख्य मकसद पोषण के विचार तथा महत्व को घर घर पहंचाना है

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने इस अभियान में हुये कार्यों की जानकारी दी